हिमाचल में तीन सालों में बेनामी संपत्ति का कोई मामला नहीं

प्रधानमंत्री राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री आज राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट जांच संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लिया बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कोविड महामारी से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया

यह जानकारी जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने राज्य में बेनामी संपत्ति को लेकर विधायक राजेंद्र राणा द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में सदन को ये जानकारी दी राणा ने सवाल किया था कि बेनामी संपत्ति के तहत बीते तीन सालों में कितनी भूमि का कम मूल्यांकन हुआ और इस कारण सरकार को अलग अलग संपत्तियों और जमीनों से कितना आर्थिक नुकसान हुआ

इन पदों को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है गोविंद ठाक्र यह भी जानकारी दी कि राज्य के जिन स्कूलों में शारीरिक अध्यापकों के पद सुजित नहीं हैं उन स्कूलों में ये पद सुजित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है

पंचायत सचिवों के विलय को लेकर विधायक राजेश ठाकुर के एक सवाल के लिखत जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत जिला परिषद कैडर के सचिवों का पंचायतीराज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जिला परिषद कैडर के अधीन वर्तमान में कार्यरत पंचायत सचिवों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति देय वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं रामस्वरूप निधन मण्डी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया

मिली जानकारी के अनुसार रामस्वरूप शर्मा अपने दिल्ली स्थित निवास में मृत पाए गए

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम स्वरूप शर्मा के निधन पर द्ख व्यक्त किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे जो हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किये राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामस्वरूप शर्मा का निधन एक अपूर्णीय क्षति है और समाज के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर द्ख जताते हुए कहा कि वे पार्टी के एक समर्पित नेता व कार्यकर्ता थे नड़डा ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद किशन कपूर ने भी रामस्वरूप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट किया है सनराईज सोशल हैल्थ एण्ड एनवायरनमेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष मोहन स्नेही ने रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है शोकोदगार प्रदेश विधानसभा ने सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया और उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन को सुचित किया कि आज सुबह मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया है जो इस पूरे सदन के लिए बहुत ही दुखद घटना है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत दुख हो रहा है कि रामस्वरूप शर्मा अब हमारे बीच नहीं हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक रामस्वरूप शर्मा के साथ संगठन में काम किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके निधन से पूरे प्रदेश को क्षति हुई है और इसकी पूर्ति करना मुश्किल है उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद घड़ी है प्रदेश ने राजनीति के बहुमूल्य सदस्य को खो दिया है उन्होंने कहा कि जिस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वह बात हो गई अग्निहोत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा सरल स्वभाव के थे और उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई उन्होंने कहा कि सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद प्रदेश को यह दूसरा बड़ा आघात लगा है जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने राम स्वरूप शर्मा के निधन को संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा का पार्टी को आगे बढ़ाने में बहत बड़ा योगदान रहा विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शोकोदगार में कहा कि वे विद्यार्थी परिषद के समय राम स्वरूप शर्मा के संपर्क में आए थे और संगठन में सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकर वनमंत्री राकेश पठानिया विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज विधायक प्रकाश राणा राकेश जम्वाल कर्नल इंद्र सिंह नंद लाल हीरा लाल किशोरी लाल विनोद कुमार जवाहर ठाकुर सुंदर ठाकुर ने भी रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिवंगत रामस्वरूप शर्मा के सम्मान में कल तक के लिए स्थगित कर दी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों से जरूरी कदम उठाने को कहा हिमाचल में तीन सालों में बेनामी संपत्ति का कोई मामला नहीं मण्डी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन विधानसभा में उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित और प्रधानमंत्री राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर जताया शोक